राज्य में अबतक तिरासी हजार से अधिक कोरोना मरीज ठीक हुए

दुमका उपचुनाव के लिए झामुमो प्रत्याशी बसंत सोरेन आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगे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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज विजयाराजे सिंधिया के सम्मान में एक सौ रूपये का स्मारक सिक्का जारी करेंगे यह समारोह ऑनलाइन होगा भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक विजया राजे सिंधिया को ग्वालियर की राजमाता के तौर पर भी जाना जाता है यह सिक्का विजयराजे सिंधिया की जन्मशताब्दी पर जारी किया जा रहा है यह विशेष स्मारक सिक्का वित्त मंत्रालय ने तैयार किया है विजयाराजे सिंधिया सात बार लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनी गयी थी वह दो बार राज्यसभा की सदस्य भी रही राज्य में पिछले चौबीस घंटों में पांच सौ चौहत्तर नये कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और सात सौ छियासठ मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छट्टी मिली है जबकि तीन लोगों की मौत हो गई हैं मृतकों में धनबाद से दो और पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर से एक मरीज शामिल हैं

इसमें आठ हजार एक सौ सरसठ सक्रिय केस है जबकि तिरासी हजार पांच सौ इकहतर मरीज ठीक हुए हैं

वहीं झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट नब्बे दशमलव तीन दो प्रतिशत है

जिले के सिविल सर्जन डॉ एस पी मिश्र ने कहा कि लोग जागरूक हो रहे हैं इससे कोरोना की चेन तोड़ी जा सकती है

इसके लिए नगर आयुक्त ने नया गाइडलाइन जारी किया है इसमें बस चालक कंडक्टर और यात्रियों के लिए अलग अलग दिशा निर्देश तय किए गए हैं अगर किसी यात्री को सर्दी खांसी है या जिन लोगों ने कोविड जांच के लिए अपना सैंपल दिया है उन्हें बस में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा सभी यात्रियों का नाम पता और मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज करना आवश्यक होगा ताकि कांटेक्ट ट्रेसिंग में स्विधा हो

उन्होंने त्योहारों के दौरान भीड़ एकत्रित न करने की भी सलाह दी है

स्वस्थ होने की दर के मामले में भारत विश्व में पहले स्थान पर है

एक रिपोर्ट दुमका विधानसभा उपचुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी के रूप में आज बसंत सोरेन नामांकन करेंगे नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उपस्थित रहेंगे उपचुनाव में झामुमो प्रत्याशी की सीधी टक्कर भाजपा प्रत्याशी डॉ लुईस मरांडी से होगी

पार्टी ने लुईस मरांडी को दुमका से और योगेश्वर महतो बाटुल को बेरमो से चुनाव मैदान में उतारा है दुमका और बेरमो उपचुनाव में राजनीतिक दलों की सभा को लेकर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है

वहां खुली जगहों पर सभा में लोगों के शॉमिल होने की कोई संख्या तय नहीं की गई है शर्त है कि इसमें लोगों के बीच की दूरी छह फीट होनी चाहिए विभाग ने राजनीतिक दलों के लिए भी एसओपी जारी की है इसके तहत सभा के लिए जिला प्रशासन की अनुमति लेनी होगी उपायुक्त हॉल या मैदान की क्षमता को देखते हुए अधिकतम लोगों की सीमा तय करेंगे सहमति पत्र पर यह संख्या अंकित रहेगी पार्टी और उम्मीदवार को सुनिश्चित करना होगा कि प्रवेश और निकास द्वार पर सैनिटाइजर और हैंडवॉश के साथ थर्मल स्कैनिंग की सुविधा हो सभी कुर्सियों के बीच छह फीट की दूरी पर गोला भी बनाना होगा गिरिडीह जिले में पुलिस ने हत्या और विस्फोटक सामग्री के इस्तेमाल में शामिल रहने वाले एक कुख्यात नक्सली को गिरफ्तार किया है पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर खुखरा थाना क्षेत्र के पण्डारमानिया गाँव से भाकपा माओवादी के एक सदस्य श्याम मांझी को गिरफ्तार किया

गिरिडीह जिला प्रशासन ने अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को चिकित्सा अनुदान की राशि स्वीकृत कर दी है इससे उन्हें इलाज में मदद मिलेगी

बैठक में राज्यों के लम्बित जीएसटी क्षतिपूर्ति भुगतान के तरीके पर विचार विमर्श की संभावना है

इससे पहले दुबई में हुए एक अन्य मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को पांच विकेट से हराया

ग्मला जिले में घाघरा पुलिस ने अंतरजिला बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चार लोगों को चोरी की तीन बाइक सहित गिरफ्तार किया है

दुमका उपचुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी बसंत सोरेन आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगे इस खबर को प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर जगह दी है सात माह बाद खुला कामाख्या देवी मंदिर एंटीजन टेस्ट के बाद ही प्रवेश इस शीर्षक के साथ दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर फोटो स्टोरी प्रकाशित की है

घंटी आधारित संविदा शिक्षकों के पैनल को अवधि विस्तार अनुमोदित इस खबर को रांची एक्सप्रेस ने पहली सुर्खी बनाई है अंग्रेजी दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्स ने हाथरस मामले में सीबीआई द्वारा केस दर्ज करने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है और द टाईम्स ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है